रायपुर में प्रतिबंधित दवा के सेवन से जिम जाने वाले एक युवक की मौत का मुद्दा आज राज्य विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये उठाया गया इस मुद्दे पर भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ब्रजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार की ओर से दवाई दुकानों का निरीक्षण कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि जिम संचालन के संबंध में केंद्र और राज्य की ओर से कोई नियम नहीं है तब विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को जिम के संचालन से जुड़े नियम बनाने के निर्देश दिए गौरतलब है कि हाल ही में राजधानी रायपुर में जिम में मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉयड युक्त इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है विस टाईगर रिजर्व अचानकमार टाईगर रिजर्व में अवैध कटाई और जानवरों के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है यह घोषणा राज्य विधानसभा में आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में की निलंबित अधिकारियों में उप संचालक संजय लूथरा और मानस राय शामिल है विधायक सौरभ सिंह ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये अचानकमार वन अभयारण्य में वन्य प्राणियों के अवैध अवैध कटाई के मामलों का मुद्दा उठाया इसका जवाब देते हुए वन मंत्री ने कहा कि शिकार और वनों की वे अचानकमार टाईगर रिजर्व में अवैध शिकार और वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सामने आई लापरवाही के मामलों पर सदस्यों की चिंता से सहमत हैं वहीं आज पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को फोन पर धमकी देने का मामला भी सदन में उठा विपक्षी सदस्यों ने विधायकों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की इस पूरे मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है नगरीय निकाय चुनाव बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आज रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नगरीय निकाय चुनाव के लिए संशोधित नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने और जरुरी दस्तावेज अपलोड करने की प्रायोगिक जानकारी दी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में बताया कि तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा पांच लाख रूपए और तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में तीन लाख रूपए निर्धारित है नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा डेढ़ लाख रूपए और नगर पंचायतों में पचास हजार रूपए है निर्वाचन खर्च के लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता भी खोलना होगा उल्लेखनीय है कि नगरीय निकायों में आगामी इक्कीस दिसम्बर को वोट डाले जाएंगे और चौबीस दिसम्बर को मतगणना होगी

आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्षद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है इनमें प्रमुख रूप से रायपुर नगर निगम के लिये पंद्रह उम्मीदवारों की घोषणा की गई है वहीं कोरबा दुर्ग बिलासपुर भाटापारा बलौदाबाजार जगदलपुर और सिमगा के लिये भी पार्षद प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है आदित्यनाथ आदिवासी नृत्य महोत्सव उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में होने वाला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की अभिव्यक्ति का एक सार्थक मंच साबित होगा श्री आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में अगले महीने होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तरप्रदेश सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आमंत्रण भेजा है इस पत्र के जवाब में श्री आदित्यनाथ ने श्री बघेल को पत्र लिखकर आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया है यह महोत्सव राजधानी रायपुर में आगामी सत्ताईस दिसंबर से शुरू होकर उनतीस दिसंबर तक चलेगा

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ज्ञान और सूचना टेक्नोलॉजी में समन्वय करके हम अपने शैक्षिक विकास को तीव्र कर सकते हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करना ही उपलब्धियां नहीं होती बल्कि हमेशा आचार विचार और संस्कार भी धारण किए जाने चाहिए इस अवसर पर राज्यपाल तथा अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को उपाधि वितरित किए कोयला सचिव दौरा केंद्रीय कोयला सचिव अनिल जैन ने आज साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल के गेवरा दीपका खदान का निरीक्षण किया श्री जैन छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आए हुए हैं खदानों के निरीक्षण के बाद केंदीय कोयला सचिव ने अधिकारियों को कोल उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने के निर्देश दिए कोयला मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करने के बाद श्री जैन कोल कंपनियों का दौरा कर रह हैं इसी कड़ी में उन्होंने खदानों के निरीक्षण के बाद अधिकारियों से चर्चा भी की केंद्रीय कोयला सचिव कल कुसमुंडा खदान का दौरा करेंगे और उत्पादन की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे सैनिक स्कूल पंजीकरण पांच सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में लड़कियों के कक्षा छठवीं से प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है ये स्कूल कर्नाटक के बीजापुर और कोडागु महाराष्ट्र के चंद्रपुर उत्तराखंड में आंध्रप्रदेश में कलिकिरी में हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सैनिक घोराखाल और स्कूल एडमिशन डॉट इन पर उपलब्ध है पंजीकरण की अंतिम तिथि आगामी छह दिसंबर है इसके लिए प्रवेश परीक्षा अगले साल पांच जनवरी को आयोजित की जाएगी माओवादी समर्पण दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी जनमिलिशिया कमांडर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है जिले को पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने जनमिलिशिया कमांडर हडमा ने आत्मसमर्पण किया इस माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इस पर विस्फोट सुरक्षा बलों की रेकी करना सड़कें क्षतिग्रस्त करना और ग्रामीणों को माओवादी विचारधारा में लाने के प्रयास करने के आरोप हैं आत्मसमर्पण करने पर पुलिस अधीक्षक ने इस माओवादी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की उधर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी आज छह माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं इन माओवादियों पर कुल इकतीस लाख पचास हजार रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों ने गढ़चिरौली के उप पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया फ्टकर व्यवसायी आंदोलन फुटकर व्यवसायों द्वारा प्रशासन की ओर से निर्धारित मात्रा से अधिक धान खरीदने पर हो रही कार्रवाई के विरोध में आज बालोद में धरना प्रदर्शन किया गया नगर के सरयू प्रसाद स्टेडियम में जिला फूटकर व्यवयासी संघ के बैनर तले व्यापारियों ने यह आंदोलन किया जिला प्रशासन की ओर से उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा और तहसीलदार रश्मि वर्मा ने आंदोलनकारियों को समझाइश दी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद फ्टकर व्यापारियों ने अपना आंदोलन खत्म किया संघ के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल साहू ने बताया कि फुटकर व्यवसायी धान खरीदी की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कोरिया यातायात नियम कोरिया जिले में पुलिस विभाग की ओर से स्कूली विद्यार्थियों को यातायात नियमों महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाव संबंधी जरूरी जानकारियां देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में बैकुंठपुर के रामपुर स्थित एक स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई

दुर्घटना अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला रोजगार सहायिका की मौत हो गई है पुलिस के अनुसार यह महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर उदयपुर जा रही थी इस बीच अंबिकापुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई एथलेटिक्स प्रतियोगिता चौबीसवीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता बेमेतरा में खेली जा रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों के लिए आयोजित इस पांच दिवसीय स्पर्धा का शुभारंभ कल हुआ इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के करीब साढ़े छह सौ स्कूलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं इसके अलावा छह खाड़ी देश बहरीन ओमान कतर कुवैत सउदी अरब और यूएई के खिलाड़ी कोच और मैनेजर भी भाग ले रहे हैं इस स्पर्धा में दौड़ ऊंची कूद लंबी कूद गोला फेंक खो खो और टेनिस जैसे खेलों को शामिल किया गया है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर झारखंड जन मुक्ति परिषद संस्था को एक वर्ष के लिए अवैधानिक संस्था घोषित किया है पहले भी इस संस्था को अवैधानिक संस्था घोषित किया गया था कबीरधाम जिले में धान खरीदी के लिए पंजीकृत रकबा के सत्यापन में लापरवाही बरतने के मामले में जिला कलेक्टर ने तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है